खंडवा में आज आयोजित किया जायेगा राष्ट्रीय किशोर कुमार अलंकरण समारोह

मानवाधिकार गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आतंकवाद और नक्सली हिंसा से बड़ा मानवाधिकार का उल्लघंन नहीं हो सकता

इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने खुद मंत्रालय और विभागों की सूचनाओं का खुलासा कर कामों में पारदर्शिता लाने का काम किया है इससे अब सूचना का अधिकार अधिनियम की पहले जैसी आवश्यकता नहीं रही

कल छिंदवाड़ा में पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि यह समिट दिखावे के लिए नहीं हो रही है मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि आर्थिक मंदी को लेकर केन्द्र सरकार गंभीर नहीं है उन्होंने कहा कि इससे निपटने के लिये राज्य सरकार ने योजना बनाई है जिसके तहत टेक्सटाईल कारोबार पर जोर दिया जायेगा उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं साथ ही इससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे उपचुनाव झाबुआ विधानसभा उपचुनाव में मतदाता जनजागरूकता के लिए जिले में व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है इसी के तहत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रबल सिपाहा के नेतृत्व में कल झाबुआ में केन्डल मार्च निकाला गया

केन्डल मार्च में श्री सिपाहा ने सभी को अपने दोस्तों परिचितों रिश्तेदारों से भी मतदान करवाने के लिए संकल्प दिलाया गांधी संकल्प यात्रा केन्द्रीय राज्य मंत्री मनसुख मांडविया के नेतृत्व में आज इंदौर में गांधी संकल्प पद यात्रा निकाली जायेगी

इस दौरान सांसद शंकर लालवानी सहित पार्टी कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहेंगे उधर सतना लोकसभा क्षेत्र में भाजपा सांसद गणेश सिंह द्वारा निकाली जा रही गांधी संकल्प यात्रा कल सातवें दिन सतना विधानसभा क्षेत्र के टिक्रियाटोला से शुरू हुई और विभिन्न गांवों से होते हुए मोहन्ना में समापन हुआ इस दौरान जगह जगह यात्राओं का स्वागत किया गया यात्रा के जरिए गांधीजी के संदेशों को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है

इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति काफी समृद्ध रही है इसके आधार पर ही अनेक देशों में आधुनिक चिकित्सा पद्धति को नया रूप दिया गया है उन्होंने चिकित्सकों से कहा कि चिकित्सकीय शोध कार्यो में प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति से सामंजस्य बनाते हुए आगे बढ़ें श्री टंडन ने कहा कि बदलते दौर में खान पान की वस्तुओं में मिलावट के कारण लोगों को नई नई घातक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है उन्होंने कहा कि एंटीबॉयोटिक दवाओं का प्रभाव भी लगातार कम होता जा रहा है यह चिंता का विषय है राज्यपाल ने चिकित्सा पद्धति में सुधार के साथ साथ इंसान की जीवन शैली में भी सुधार लाने पर जोर दिया

इस अवसर पर संस्कृति विभाग द्वारा प्रतिवर्ष की तरह खंडवा में राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान अलंकरण समारोह आयोजित किया जायेगा इस कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध फिल्म निदेशक प्रियदर्शन को यह सम्मान दिया जायेगा इस अवसर पर स्व किशोर कुमार के यादगार गीतों की प्रस्तुति मुम्बई के कलाकार रविन्द्र शिंदे व उनकी टीम द्वारा दी जायेगी खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल सुबह से शुरू हुआ किशोर दा के गीतों का कार्यक्रम आज भी जारी है

वाल्मीकि जयंती मुख्यमंत्री कमल नाथ ने महर्षि वाल्मीकि जयंती पर प्रदेश के नागरिकों को बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं मुख्यमंत्री ने शुभकामना संदेश में कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की जिससे त्याग मानवता समरसता सद्भाव और सेवा जैसे नैतिक मूल्यों की शिक्षा मिलती है श्री नाथ ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को महर्षि वाल्मीकि द्वारा दी गई शिक्षा को अपनाना चाहिए मुख्यमंत्री ने वाल्मीकि समाज सहित प्रदेशवासियों से आग्रह किया कि महर्षि वाल्मीकि के बताये मार्ग पर चलकर समाज में समरसता और सद्भाव के वातावरण को मजबूत बनायें किकेट पुणे में दूसरे क्रिकेट टैस्ट में भारत मजबूत स्थिति में पहुंच गया है खेल के चौथे दिन आज कप्तान विराट कोहली दक्षिण अफ्रीका को फॉलोऑन खिला सकते हैं

भारत की ओर से रविचंद्रन अश्विन ने चार उमेश यादव ने तीन और मोहम्मद शमी ने दो विकेट लिए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

इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्वालु खंडवा जिले में स्थित संत सिंगाजी धाम पहुंच रहे हैं यहां हर वर्ष मेले का आयोजन भी किया जाता है

जो एक सप्ताह तक चलाया जायेगा